बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने एक हार्डकोर माओवादी को किया गिरफ्तार

प्रधानमंत्री बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज नई दिल्ली में केन्द्र सरकार के सचिवों से मिलेंगे बैठक के दौरान शासन के एजेंडे पर चर्चा होने की संभावना है प्रधानमंत्री प्रशासन में सचिवों की सक्रिय भूमिका पर भी बातचीत करेंगे यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम राज्य सरकार सभी लोगों को इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम योजना पन्द्रह जून से लागू करने जा रही है शुरूआती दौर में सभी संभागों के पांच विकासखंडों में इस योजना को पॉयलेट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जाएगा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज रायपुर में इस संबंध में एक समीक्षा बैठक ली बैठक में श्री सिंहदेव ने इस योजना का लाभ मरीजों को पहंचाने के लिए बेहतर कार्य करने के निर्देश अधिकारियों को दिए दो दिनों तक चलने वाली इस बैठक में यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम योजना को प्रदेशभर में लागू करने के लिए विचार विमर्श किया जा रहा है समीक्षा बैठक में सभी जिलों के चिकित्सा अधिकारी अधीक्षक चिकित्सा संचालक सहित स्वास्थ्य विभाग के सभी बड़े अधिकारी शामिल हो रहे हैं

इसके लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं आज समाज कल्याण मंत्री और छत्तीसगढ़ योग आयोग की अध्यक्ष अनिला भेंड़िया ने योग दिवस के संबंध में मंत्रालय में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली बैठक में अधिकारियों ने बताया कि इस साल करीब साठ लाख लोगों को योग से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है पिछले साल करीब उनसठ लाख उनयासी हजार लोगों को सामूहिक योग प्रदर्शन से जोड़कर गोल्डन ब्क ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में नाम दर्ज कराया गया था श्रीमती भेड़िया ने आयोजन में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए जिला स्तर पर होने वाले योग के आयोजनों में पुलिस सुरक्षा बल के जवान जेल के बंदियों एनएसएस एनसीसी स्कॉउड गाईड के कैडेट स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं स्व सहायता समूहों युवा मण्डलों को शामिल किया जाएगा योग दिवस के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में सुबह सात बजे आयोजित किया जाएगा इसमें मुख्यमंत्री सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल होंगे योग दिवस के आयोजन को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्यस्तरीय प्रशिक्षण कल ग्यारह जुन को दिया जाएगा वहीं जिला स्तर पर बारह से चौदह जुन विकासखण्ड स्तर पर पन्द्रह से सोलह जून और ग्राम पंचायत स्तर पर सत्रह से अट्ठारह जून तक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा गिरीश कर्नाड निधन जानेमाने फिल्म और रंगमंच अभिनेता और लेखक गिरीश कर्नाड का आज सुबह बेंगलूरू में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया वे इक्यासी वर्ष के थे उन्नीस सौ इकसठ में प्रकाशित नाटक ययाति से चर्चा में आए कर्नाड को फिल्म और रंगमंच अभिनेता निर्देशक तथा एक लेखक के रूप में अपार ख्याति मिली उन्हें साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ कालीदास सम्मान पदमश्री और पदमभूषण जैसे सम्मानों से नवाजा गया राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश के सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता नाटककार लेखक और रंगकर्मी गिरीश कर्नाड के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया मुख्यमंत्री ने कहा कि गिरीश कर्नाड द्वारा साहित्य रंगकर्म और रंगमंच को दिए गए योगदान को हमेशा याद किया जाएगा माओवादी गिरफ्तार बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों ने एक हार्डकोर माओवादी को गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने बताया कि एसटीएफ और जिला पुलिस बल की टीम सुबह तलाशी अभियान पर निकली हई थी इसी दौरान पामेड़ थाना क्षेत्र में इस माओवादी को गिरफ्तार किया गया

इस हादसे में एक हवलदार की मौत हो गई वहीं चार पुलिसकर्मियों के साथ ही तीन आरोपी भी घायल हो गए हैं सभी घायलों को धमतरी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है मिली जानकारी के अनुसार ये सभी पुलिसकर्मी बालोद थाना में पदस्थ हैं और तीन आरोपियों को लेकर केशकाल स्थित न्यायालय में पेशी के लिए गए हुए थे

सूरजप्र मौत सूरजपुर जिले में आज एक कुए में जहरीली गैस के रिसाव से दो ग्रामीणों की मौत हो गई जबकि एक अन्य व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है मिली जानकारी के अनुसार जिले के बिश्रामपुर थाना क्षेत्र के पतरापारा गांव के कुंए में एक मवेशी गिर गया इसे निकालने के लिए तीन ग्रामीण भीतर उतरे इसी दौरान जहरीली गैस का रिसाव हुआ और यह हादसा हो गया घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक डिप्टी कलेक्टर सहित सभी अधिकारी घटनास्थल पहुंच गए शवों को काफी देर के बाद कुंए से निकाला जा सका प्रयास आवासीय विद्यालय काऊंसिलिंग मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों में नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवार के बच्चों को सीधे प्रवेश दिया जाएगा इस साल ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश के लिए वर्गवार मेरिट सूची से चयनित विद्यार्थियों की काऊंसिलिंग सोलह और सत्रह जून को होगी चयनित विद्यार्थियों की सूची आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की वेबसाइट पर जारी की गई है इस सूची में यदि किसी अभ्यर्थी को आपत्ति हो तो वे अपना अभ्यावेदन संवर्ग की काऊंसिलिंग तिथि में संबंधित दस्तावेज सहित प्रस्तुत कर सकते है गौरतलब है कि प्रदेश में संचालित सात प्रयास आवासीय विद्यालयों में रिक्त कुल सात सौ इकतीस सीटों में से बालक वर्ग की चार सौ चौदह और कन्या वर्ग की तीन सौ सत्रह सीटें रिक्त हैं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

पद्म पुरस्कारों के तहत पद्म विभूषण पद्म भूषण तथा पद्मश्री पुरस्कार दिए जाते हैं राज्य पुरस्कार आवेदन खेल और युवा कल्याण विभाग ने विभिन्न पुरस्कारों और सम्मान के लिए पंद्रह जून तक आवेदन आमंत्रित किए हैं इन पुरस्कारों में शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार शहीद कौशल यादव पुरस्कार वीर हनुमान सिंह पुरस्कार शहीद विनोद चौबे सम्मान शहीद पंकज विक्रम सम्मान मुख्यमंत्री ट्राफी नगद राशि पुरस्कार खेल वृत्ति और खेल संघों को प्रेरणा निधि शामिल हैं ये पुरस्कार राज्य के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है मौसम प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है गर्म हवा के असर से जन जीवन भी प्रभावित हो रहा है आज सर्वाधिक तापमान पैंतालीस दशमलव सात डिग्री सेल्सियस बिलासपुर में दर्ज किया गया रायपुर स्थित मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले अड़तालीस घंटों के दौरान प्रदेश के दक्षिण भाग में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है संक्षिप्त समाचार राजधानी रायपुर के सभी वार्डो में पानी की समस्या दूर करने की मांग को लेकर आज जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं ने ऋचा जोगी के नेतृत्व में नगर निगम और कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया जांजगीर चांपा जिले के नये कलेक्टर जेपी पाठक ने आज जिला कलेक्ट्रेट में अपना कार्यभार ग्रहण किया वहीं कोरिया कलेक्टर डोमन सिंह ने भी अपना पदभार ग्रहण किया

रायगढ़ जिले में एक सड़क हादसे में मोटर साइकिल सवार एक महिला की मौत हो गई धमतरी पुलिस ने बिरेझर क्षेत्र में चोरियों की वारदात को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है गरियाबंद जिले में बिजली आपूर्ति सामान्य करने की मांग को लेकर लोगों द्वारा किया जा रहा सत्याग्रह आंदोलन आज समाप्त हो गया